राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार उत्पाद को राज्य से बाहर भी दोगुने मुनाफे पर सीधे तौर पर बेच सकेगा मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनलॉक के चौथे चरण में लोगों से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने और सावधानी व सजगता बरतते हुए दैनिक कार्य करने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और इससे निपटने के लिए सरकार को लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार हो रही है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के विरूद्व मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है राज्य में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू कर दी गई हैं और सीमाओं को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है

उन्होंने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी अनुराग ठाकुर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने फर्जी कम्पनियों की पहचान करके उनको बंद करने का विशेष अभियान चलाया उन्होंने कहा कि ये ऐसी कम्पनियां हैं जिनकी कोई परिसम्पतियां नहीं हैं और न ही कोई कारोबार कर रही हैं

अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यो की देख रेख में सेनेटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी

इसके अलावा बच्चों की ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी